अब तक छः सौ छप्पन रेलगाड़ियों से साढ़े आठ लाख से अधिक प्रवासी कामगार प्रदेश लाये गये

स्वस्थ होने वाले मरीजों की दर लगभग उन्तालीस प्रतिशत हुई प्रदेश में कोरोना संक्रमण के कल तीन सौ तेईस मामले सामने आये सक्रिय मामलों की संख्या बढ़कर एक हजार आठ सौ पचासी हुई मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दुहराया है कि उनकी सरकार प्रवासी श्रमिकों की सकुशल प्रदेश वापसी के लिए प्रतिबद्ध है उन्होंने कहा कि अब तक सोलह लाख से अधिक प्रवासी श्रमिकों की राज्य में सुरक्षित वापसी सुनिश्चित की गयी है श्री योगी ने कहा कि अब तक छः सौ छप्पन श्रमिक विशेष रेलगाड़ियां प्रदेश में पहुंच चुकी हैं जिनसे साढ़े आठ लाख से अधिक प्रवासी कामगारों को लाया गया है मुख्यमंत्री ने कहा कि अगले दो दिनों के दौरान दो सौ अट्ठावन श्रमिक विशेष रेलगाड़ियां और प्रदेश में पहुंचेंगी इस तरह नौ सौ चौदह रेलगाड़ियों से श्रमिकों को लाने की व्यवस्था की गयी है मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रवासी श्रमिकों को उनके गृह जनपद भेजने के लिए बारह हजार बसों का प्रबंध किया गया है श्री योगी ने कहा कि कोई भी राज्य श्रमिकों से किराया न वसूले उनके किराये का भुगतान प्रदेश सरकार कर रही है गृह सचिव अजय भल्ला ने मजदूरों को उनके गृह राज्य में पहुंचाने में सहायता के लिए राज्यों से पूरा सहयोग करने को कहा है सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को लिखे पत्र में गृह सचिव ने देश में प्रवासी मजदूरों के संकट को कम करने के उपाय सुझाये हैं उन्होंने कहा कि राज्यों को अपने घर लौट रहे मजदूरों के विश्राम स्थलों पर स्वच्छता भोजन और स्वास्थ्य के प्रबंध करने चाहिए उन्होंने राज्यों से आवास के पते और मोबाइल नम्बर के साथ मजदूरों की सूची तैयार करने को भी कहा इस सूची का इस्तेमाल बाद में मजदूरों से संपर्क के लिए किया जा सकता है श्री भल्ला ने निर्धारित विश्राम स्थलों तक पहुंचने में सहायता के लिए गैर सरकारी संगठनों से आगे आने का आग्रह किया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में सड़क द्र्घटनाओं पर रोक लगाने के लिए परिवहन विभाग को आवश्यक उपाय करने को कहा है विभाग के कार्यों की समीक्षा के दौरान कल मुख्यमंत्री ने कहा कि डग्गामार और ओवरलोडिंग करने वाले वाहनों के खिलाफ कार्रवाई की जाये उन्होंने कहा कि प्रवासी श्रमिकों की प्रदेश में सुरक्षित वापसी सुनिश्चित की जानी चाहिए सार्वजनिक स्थल पर थ्रकना अब से जर्माने के साथ दण्डनीय अपराध होगा सरकार के सभी विभागों को जारी कार्मिक मंत्रालय के आदेश में कहा गया है कि विभागाध्यक्ष इस संबंध में सभी निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करें सभी सार्वजनिक जगहों और कार्यस्थलों में मास्क लगाना अनिवार्य कर दिया गया है भारतीय मौसम विभाग ने कहा है कि महा चक्रवात अम्पन सुन्दरबन के निकट पश्चिम बंगाल के दीघा और बांग्लादेश के हतिया द्वीपों के बीच आज दोपहर बाद से शाम तक पहुंच सकता है इसकी रफ्तार एक सौ पचपन से एक सौ पैंसठ किलोमीटर प्रतिघंटा से लेकर एक सौ पचासी किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकती है देश में कोविड नाइन्टीन संक्रमण से मरीजों के ठीक होने की दर में सुधार हुआ है और यह बढ़कर अड़तीस प्रतिशत से अधिक हो गयी है स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि ठीक होने वाले मरीजों की संख्या उन्तालीस हजार से ज्यादा पहुंच गई है देश में फिलहाल कोविड नाइन्टीन के एक लाख एक हजार एक सौ उन्तालीस मरीज हैं जिनमें से अट्ठावन हजार आठ सौ दो लोगों का इलाज चल रहा है जबकि तीन हजार एक सौ तिरसढ मरीजों की मौत हो चुकी है इस बीच स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में एक दिन में रिकॉर्ड एक लाख आठ हजार से अधिक नमूनों की जांच की गई अब तक क्ल चौबीस लाख पच्चीस हजार से अधिक जांच हो चुकी हैं जनवरी में देश में कोविड नाइन्टीन परीक्षण करने वाली केवल एक प्रयोगशाला थी अब देश ने तीन सौ पचासी से अधिक सरकारी और एक सौ अट्ठावन निजी प्रयोगशालाएं स्थापित कर अपनी परीक्षण क्षमता में बह्त तेजी से वृद्धि की है केन्द्र सरकार ने कहा है कि लॉकडाउन के चौथे चरण के दौरान भी बायोमेट्रिक उपस्थिति स्थगित रहेगी कार्मिक जन शिकायत और पेंशन मंत्रालय ने सरकारी कार्यालयों में उपस्थिति के नियमन के बारे में दिशा निर्देश जारी किये हैं इनमें कहा गया है कि उपसचिव और उससे ऊपर के सभी अधिकारी सभी कार्यदिवसों में कार्यालय में उपस्थित रहेंगे उपसचिव के स्तर से नीचे के सभी अधिकारी और कर्मचारियों की उपस्थिति के नियमन के लिए सभी विभागाध्यक्ष रोस्टर तैयार करेंगे ताकि पचास प्रतिशत अधिकारी और कर्मचारी प्रत्येक वैकल्पिक दिवस कार्यालय में उपस्थित हों प्रदेश में कोरोना संक्रमण के कल तीन सौ तेईस नए मामले सामने आये जिसके बाद राज्य में संक्रमितों की संख्या बढ़कर चार हजार नौ सौ छब्बीस हो गई है कल प्रदेश में एक सौ पैंतीस लोगों को स्वस्थ होने पर अस्पतालों से छुट्टी दे दी गई राज्य में अब तक दो हजार नौ सौ अट्ठारह रोगी बीमारी से ठीक हुए हैं कल पांच रोगियों की मृत्यु हुई जिसके बाद कोविड नाइन्टीन से मृतकों की संख्या बढ़कर एक सौ तेईस हो गई है प्रदेश में सक्रिय मामलों की कुल संख्या एक हजार आठ सौ पचासी है बस्ती जिले में कल कोरोना संक्रमण के इक्यावन मरीज मिले जिसके बाद यहां संक्रमितों की संख्या बढ़कर एक सौ चार हो गई है जनपद में अब तक अट्ठाईस लोग बीमारी से ठीक हुए हैं और दो की मृत्यु हुई है जिले में सक्रिय मामलों की संख्या चौहत्तर है

जिले में सक्रिय मामलों की संख्या सत्तानबे है अलीगढ़ में कल कोरोना संक्रमण के इक्कीस नए मामले मिले जिसके बाद यहां संक्रमितों की संख्या बढ़कर निन्यानबे हो गई है अब तक उन्चास लोग स्वस्थ हुए हैं और आठ की मृत्यु हुई है जिले में सक्रिय मामलों की संख्या बयालीस है फतेहपुर जिले में कल चौदह लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई जिसके बाद यहां संक्रमितों की संख्या बढ़कर तेईस हो गई है बुलन्दशहर में भी कल कोरोना संक्रमण के चौदह मरीज मिले इसके अलावा रामपुर में तेरह आगरा कौशाम्बी देवरिया में बारह बारह लखनऊ मुरादाबाद वाराणसी बहराइच में ग्यारह ग्यारह पीलीमीत में नौ मैनपुरी में आठ प्रतापगढ़ गाजीपुर में सात सात रायबरेली मिर्जापुर में छः छः चन्दौली श्रावस्ती बलरामपुर गोण्डा में पांच पांच प्रयागराज में चार बरेली लखीमपुरखीरी बिजनौर में तीन तीन गाजियाबाद अम्बेडकरनगर गोरखपुर फर्रुखाबाद क्शीनगर में दो दो और चित्रकूट हरदोई सुल्तानपुर मुजफ्फरनगर संतकबीरनगर मथु्रा सहारनपुर तथा कानपुरनगर में एक एक व्यक्ति में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के संस्थापक और शिक्षाविद् कमाल फारूकी ने कहा है कि लॉकडाउन आगे बढ़ाने का निर्णय सही लिया गया है अत्पसंख्यक आयोग के पूर्व अध्यक्ष श्री फारूकी ने मुस्लिम समुदाय से रमजान के आखिरी जुमा जुमातुल विदा और ईद उल फितर की नमाज सरकार के दिशा निर्देशों के अनुसार ही अदा करने की अपील की

मैं समझता हूं कि बिल्कुल सही कदम है और खुसखुसीतौर पर मुसलमानों से दरखास्त है कि जिस तरह से आपने इससे पहले तमाम मजहबी जितने भी आपके अराकान्त थे उसे आपने पूरा किया बिल्कुल उसी तरह से ऐसे हालात के अंदर हमको कितना करना चाहिए मामलात को ईद की नमाज ईदगाह में नहीं होगी घर में अगर लोग बाग है तो इसके तरीके बतलाए गए हैं

किसी किस्म भी कहीं हमको बाहर के सोशल डिस्टॅसिंग के साथ ही अगर मिलना है तो मिलें वरना कोशिश कीजिए कही किसी से मुलाकात न हो और ये सख्त टाइम है पूरे मुल्क के लिए पूरी दुनिया के लिए

इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव अजय प्रकाश साहनी ने कहा है कि आरोग्य सेतु ऐप को लेकर निजता संबंधी चिंताए दुर्भाग्यपूर्ण हैं आकाशवाणी समाचार के साथ विशेष बातचीत में उन्होंने कहा कि इसके उपयोग और इस ऐप के जरिए इक्टा किए गए डेटा को साझा करने के बारे में स्पष्ट दिशा निर्देश बनाए गए हैं उन्होंने यह भी कहा कि डेटा का इस्तेमाल केवल कोविड नाइन्टीन की रोकथाम और लोगों को विभिन्न स्विधाएं उपलब्ध कराने के लिए ही किया जाएगा विभिन्न माध्यमों से फैलाई जा रही फेक न्यूज यानी भ्रामक समाचारों से सचेत करने के प्रयास में आकाशवाणी आप तक सच्चाई पहुंचाता है सोशल मीडिया पर इन दिनों एक संदेश प्रचारित किया जा रहा है जिसमें एक महिला अपनी पीठ पर एक बच्चे को लिए साईकल चला रही है इसके साथ दिए गए संदेश में कहा गया है कि यह चित्र देश में प्रवासियों की स्थिति का बखान करता है पत्र सूचना कार्यालय ने चित्र की पड़ताल कर बताया है कि यह पुराना चित्र है और भारत का नहीं है